योजना में लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ के शार

आयष्मान भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आय्ष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ को पार कर गई है उन्होंने आय्ष्मान भारत से ज्डे चिकित्सकों नर्सों स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य लोगों की सराहना की है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन सभी के प्रयासों से आयुष्मान भारत आज विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ देखभाल कार्यक्रम बन गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि आय्ष्मान भारत का सबसे बड़ा लाभ इसका सहज सुलभ होना है उन्होंने कहा कि इसके लाभार्थी देश के सभी भागों में उपचार की स्विधा का लाभ उठा सकते हैं भले ही उनका पंजीकरण किसी भी जगह हआ हो उन्होंने कहा कि इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पंजीकरण अपने निवास स्थान पर कराया हो लेकिन वे काम करने के लिए देश के अन्य भागों में चले गए हों सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आय्ष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों के लिए यह सबसे बडी और सफल स्वास्थ्य देखभाल योजना है

इनमें से चार मामले उधमसिंह नगर दो नैनीताल और एक अल्मोड़ा का है इससे पहले कल देर रात हरिदवार और उतरकाशी के दो लोगों की रिपोर्ट पॉजीटिव आयी दोनों लोग प्रवासी हैं और हाल ही में लौटे हैं

टिहरी कोरोना ग्रीन जोन टिहरी जिले में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है जिले में पहला मामला कीर्ति नगर क्षेत्र में सामने आया है

उसे श्रीनगर के बेस अस्पताल में एडमिट किया गया है

डॉक्टर सेमवाल ने बताया के की कोरोना पॉजिटिव य्वक की ट्रैवल हिस्ट्री के लिए उनके गांव एक टीम भेजी गई है सैलून शॉ चं ावत लॉकडाउन के चौथे चरण में चंपावत जिले में आज नाई सैलून और पार्लर की द्वकानें खुलने से लोगों ने राहत महसूस की

जिले में पार्लर चला रही महिलाएं भी लम्बे समय बाद द्कान ख्लने से ख्श हैं

प्रदेश में ई लर्निंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए विधानसभा में हई बैठक में उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था धीरे धीरे अन्य कॉलेजों में भी लागू होगी

इसके लिए आदेश जारी कर दिये गए हैं डॉ रावत ने कहा कि तकनीकी मदद के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जायेगा उतराखंड हाईकोर्ट उतराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों के रेड जोन से प्रदेश में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए साथ ही उनकी कोरोना टेस्टिंग भी कराई जाए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए है कि प्रवासियों में अगर किसी प्रकार के कोरोना संबंधी लक्षण पाए जाते हैं तो उनको बॉर्डर पर ही एक सप्ताह संस्थागत क्वारंटीन किया जाए और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही राज्य में आगे जाने दिया जाए टेली मेडिसन टिहरी जिले में दो साल पहले शुरू की गई टेलीमेडिसन सेवा वर्तमान में वरदान साबित हो रही है इस सेवा का मकसद विषम औगोलिक परिस्थितियों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं और ब्जर्गों को घर बैठे स्वास्थय सलाह देने के लिए शुरू की गई यह सेवा लॉकडाउन के दौरान लोगों के बहत काम आ रही है

टिहरी की मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ मीनू रावत ने बताया कि टेली मेडिसन सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को विषेशज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर दवाइयां दी जाती हैं उन्होंने बताया कि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इस सेवा से जोड़ा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की जनता इस सेवा से ख्श हैं ग्यारह गांव जाख निवासी नीतू भंडारी ने बताया कि इस टेली मेडिसन सेवा से कई गांव के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है

ग्रामीण भगवान सिंह और मकानी देवी भी इस स्विधा से संत्ष्ट हैं

देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की स्रक्षा के लिए प्रवासियों के क्वारंटीन की व्यवस्था बेस कैम्पों में ही करने की मांग की है

भगवान तंगनाथ का प्रथम रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से संपन्न किया गया इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और उपस्थित लोगों ने मास्क भी पहने तृंगनाथ के कपाट ख्लने के साथ ही अब प्रदेश के चारों धाम सहित पंच बदरी और पंच केदार के कपाट भी ग्रीष्मकाल के लिए खुल गये हैं कोरोना महामारी से बचाव के लिए फिलहाल चारधाम यात्रा श्रू नहीं की गयी है

नगर पालिका अध्यक्ष और साहित्यकारों ने पार्क में स्वर्गीय पन्त की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हर साल पंतजी के पैतृक गांव सयूनराकोट गांव में इस दिन साहित्य समारोह का आयोजन किया जाता था लेकिन कोरोना महामारी के कारण आज गांव भी सुनसान नजर आया